शिक्षा विभाग की तैयारियां पूरी होने के बाद सरकार ने जारी की एसओपी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

वित्त सचिव ए बी पांडे ने आकाशवाणी को बताया कि इस वर्ष अक्टूबर में संग्रहित जीएसटी राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त राजस्व से दस प्रतिशत अधिक है

वित्त सचिव ने बताया कि सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने और कोविड महामारी के प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं

अटल टिंकरिंग लैब नीति आयोग के द्वारा बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिए अटल नवाचार मिशन के तहत विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जा रही है

जिले के नवोदय विद्यालय में पहली अटल टिंकरिंग लैब का प्रशिक्षण कार्य भी शुरु कर दिया गया है

उन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों के विद्यालयों के छात्र नवाचार मिशन के तहत अपना कौशल दिखा रहे है जिसे कई स्तर पर प्रोत्साहन मिला है

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि डॉ भक्त दर्शन द्वारा शिक्षा राजनीति शिक्षण के क्षेत्र में किए गये कार्यो को कभी भुलाया नहीं जा सकता है इस दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे स्थानीय संसाधनों द्वारा लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में सुधार लाया जाए इस विषय पर शोध की आवश्यकता है

इसके साथ ही निचले इलाकों मे बादल छाए रहे और तेज हवाएं चली मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तरकाशी चमोली रुद्रप्रयाग बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की वर्षा के साथ साथ बर्फवारी की संभावना है शेष प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा कुंभ मेला कुंभ नगरी हरिद्वार को नया रंग रूप देने के लिए जिला प्रशासन और मेला प्रशासन संयुक्त रुप से काम कर रहा है इसके तहत हरिद्वार के पार्को और चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है कुंभ आयोजन से पहले हरिद्वार को एक नया स्वरुप देने की तैयारी की जा रही है

इसके साथ ही स्थानीय लोगों के घूमने के लिए ट्रैक और बच्चों के खेलने के लिए झूले आदि का भी इंतजाम किया जा रहा है